प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोटेरा किकेट स्टेडियम में नमस्ते कार्यक्रम को किया संबोधित दोनों नेताओं ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवाचार भिशन के चार साल पूरे नये शोध और उद्यमिता को मिला सहयोग ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंटी ट्रेंटी महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का बंगलादेश से मुकाबला

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दो दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंचे उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया बेटी इवांका दामाद जेरेड कृश्नेक और शीर्ष अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हैं सबसे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर शंख वंदना के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री द्रम्प की आगवानी की इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्दांजलि अर्पित की श्री ट्रंप ने यहां चरखा भी चलाया और सूत काटने का तरीका जाना इसके बाद दोनों नेता बाइस किलोमीटर रोड शो कर मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे यहां दोनों देशों का राष्ट्रगान हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का अभिनंदन करते हुए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बहत गहरी दोस्ती है आज का दिन भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्ते का एक ऐतिहासिक दिन की शुरूआत भी है और दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों का एक दस्तावेज बनेगा वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नमस्ते बोलकर अपने भाषण की शुरूआत की उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत आने के निमंत्रण पर धन्यवाद दिया श्री ट्रंप ने अतुलनीय आवभगत के लिए भारत और यहां के लोगों की प्रशंसा की श्री ट्रंप ने भारत की विविधता को अभूतपूर्व बताया उन्होंने कहा कि श्री मोदी कठोर मेहतन की मिसाल हैं वे एक कामयाब नेता हैं और अपने देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत का वफादार दोस्त है और आगे भी बना रहेगा श्री ट्रंप और अपने परिवार के साथ आगरा स्थित ताजमहल देखने जायेंगे इसके बाद शाम में अमरीकी राष्ट्रपति अपनी यात्रा के मुख्य चरण में दिल्ली के लिए रवाना हो जायेंगे दिल्ली में कल हैदराबाद हाउस में श्री ट्रम्प और श्री मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी इस दौरान विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की सम्भावना है व्यापार और निवेश रक्षा और सुरक्षा ऊर्जा सुरक्षा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है श्री ट्रम्प के साथ उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी होगा मंगलवर की शाम श्री द्रम्प राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे श्री कोविंद मेहमान राष्ट्रपति के सम्मान में रात्रि भोज देंगे इसके बाद रात में ही श्री ट्रम्प स्वदेश के लिए रवाना हो जायेंगे आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक वर्ष पूरा हो रहा है इसके तहत किसानों के बैंक खातों में प्रत्येक वर्ष दो दो हजार रुपये की तीन किस्त चार महीने के अंतराल पर अतंरित की जाती हैं अब तक आठ करोड छियालीस लाख किसानों को इस योजना का लाभ भिल चुका है केन्द्र सरकार पचास हजार आठ सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर चुकी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष इसी दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योजना की शुरूआत करते हुए कहा था कि इससे किसानों को कृषि और घरेलू जरूरतें पूरी करने में मंदद भिलेगी

शुरूआत में इस योजना के तहत देश में दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले सभी छोटे और मझोले किसानों की मदद का प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर सभी किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया हालांकि संपन्न किसानों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है

रियाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जेवा ने कहा कि वायरस संक्रमण की वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति के कारण चीन में आर्थिक गतिविधियां बाधित हैं और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के उबरने को लेकर आशंका पैदा हो गई है

नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन से देशभर में नवाचार और उद्यमिता को काफी सहयोग मिला है

इस मिशन के तहत देशभर के स्कूलों में युवाओं में रचनात्मकता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अटल नवाचार भिशन के निदेशक रामनाथन रमनन ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं की उद्यमिता क्षमता के उपयोग के लिए उनमें नवाचार के प्रति अभिरूचि विकसित करना है

यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

टवीटर हैंडलएआइआर न्यूज अलर्ट पर भी हैश टैग आस्क ए आई आर का इस्तेमाल करते हुए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं

यह कार्यक्रम दूरदर्शन की डी टी एच सेवा पर भी उपलब्ध रहेगा

इन दोनो पंचायतों के कायाकल्प में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन अहम भूमिका निभाएगा

गिरिडीह जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा कल शाम की गई छापामारी में लाखों रुपये मूल्य के नकली विदेशी शराब जप्त की गई है प्रलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है उत्पाद अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि बगोदर में एक होटल में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री लगी थी

ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ट्वेंटी ट्वेंटी महिला क्रिकेट विश्व कप के ग्रूप ए में आज भारत का मुकाबला बंगलादेश से होगा मैच भारतीय समयानुसार शाम साढे चार बजे से शुरू होगा दोनों देशों के बीच ट्वेंटी ट्वेंटी फार्मेट में एशिया कप टूनमिंट के डेढ़ वर्ष बाद यह मुकाबला हो रहा है भारत के लिए यह ग्रूप ए का दूसरा और बंगलादेश के लिए पहला मैच है भारत ने इसर्से पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया था